डीआईजी ने परिजनों को नौकरी के साथ सभी सुविधाएं देने की घोषणा की राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को खोलने का पहला चरण आज से शुरू हो गया इसके अंतर्गत देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू हो जाएगी केंद्र ने शनिवार को पूर्णबंदी शिथिल करने के दिशा निर्देश जारी किए जिसमें लॉकडाउन को अत्यधिक संक्रमण के क्षेत्रों तक ही सीमित किया गया है सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों की निर्बाध आवागमन की भी अनुमति दे दी है कई राज्यों ने भी इस दौरान दिशा निर्देश जारी किए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू किया जा रहा है और इस स्थिति में लोगों को और अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखना अब अधिक महत्वपूर्ण हो गया है इघर झारखंड में अनलॉक वन को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में कोन्द्र के दिशा निर्देश को अनुसार छूट पर आज निर्णय लिया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने औद्योगिक घरानों से देशभर में लॉकडाउन में फंसे झारखंड के मजदूरों की वापसी के लिए सहयोग का आग्रह किया है

इनमें बाघमारा और धनबाद शहर में पांच पांच बलियापुर झरिया और टुंडी में तीन तीन और गोविंदपुर में एक नया मरीज मिला

ये बाहर से आए हैं एक व्यक्ति यहीं का रहने वाला है सभी के सैंपलों की जांच पीएमसीएच में गई इधर गिरिडीह में तीन नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर उन्नीस हो गई है सिविल सर्जन डॉ अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि तीनों मरीज प्रवासी है और एक ही परिवार के हैं इघर बोकारो के चतरोचट्टी गोमिया स्थित क्वारेंटाइन सेंटर से बासठ प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेज दिया गया इन सभी श्रमिकों से लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट निंगेटिव आने के बाद उन्हें उनके घर भेजने का निर्णय लिया गया जिला प्रशासन ने श्रमिकों को स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र दिया और उन्हें सूखा राशन भी उपलब्ध कराया

सभी स्वस्थ हुए मरीजों का तालियां बजाकर स्वागत किया गया और उपहार देकर एंबुलेंस से विदा किया गया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

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टूमडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल प्रछ सकते हैं

कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआइआर डॉट कॉम और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआइआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा

चतरा जिले के टंडवा प्रखंड मुख्यालय की लाईफ लाईन माने जाने वाली गेरुआ नदी पुल पर बना डायवर्सन मानसून पूर्व बारिश में बह गया है देर शाम तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश से डायवर्सन द्वट गया जिसके कारण चतरा जिला मुख्यालय समेत हजारीबाग बड़कागांव से टंडवा प्रखंड का संपर्क पूरी तरह ट्रट गया है जिससे इस पथ पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है साथ ही एशिया के सबसे बड़ी कोल परियोजना मगध और आम्रपाली से कोयले का ट्रांसपोर्टिंग भी पूरी तरह से ठप हो गया है

जिसके बाद स्थानीय विधायक की पहल पर प्रखंड प्रशासन ने क्षतिग्रस्त पूल पर आवागमन को रोकते हुए तत्कालीन व्यवस्था के तहत डायवर्सन का निर्माण कराया था

ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित हैं तथा इनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे सामान्य डिब्बो में बैठने की आरक्षित सीटे होंगी यात्रियों को कम से कम डेढ़ घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके रेलगाड़ी में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आयेंगे कंफर्म और आरएसी टिकट वाले यात्रियों को ही रेलगाड़ी में सफर करने की अनुमति होगी वहीं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा ट्रेन में यात्रियों को कंबल चादर या ताकिया नहीं दिया जायेगा इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य की दिशा निर्देश का पालन करना होगा रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड कर लें

कोडरमा स्टेशन पर भी पटना से रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंची हालांकि महज ग्यारह लोग ही कोडरमा स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हुए जबकि छियानबे लोग पटना जहानाबाद और गया होते हुए कोडरमा स्टेशन पहुंचे ट्रेनों के आगमन को लेकर स्टेशन परिसर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं ट्रेन पर संवार होने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई वही ट्रेन से उतरने के बाद घर जाने से पहले भी समी यात्रियों की स्क्रीनिंग के अलावे डिटेल्स नोट किए गए शताब्दी एक्सप्रेस के अलावे कोडरमा में हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस का भी ठहराव होगा कल यह ट्रेनें कोडरमा स्टेशन पहुंचेगी

पश्चिमी सिंहभूम जिला के कराइकेला थाना क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सिपाही लखिन्द्र मुंडा और एसपीओ स्वरूप सुंदर महतो को आज चाईबासा स्थित पुलिस केंद्र में श्रद्धांजलि दी गई कोल्हान प्रमंडल के आयक्त वीरेंद्र भृषण पुलिस उपमहानिरीक्षक राजीव रंजन सीआरपीएफ डीआईजी और उपायुक्त समेत कई पुलिस अधिकारियों ने श्रद्दा सुमन अर्पित किया डीआईजी राजीव रंजन ने कहा कि दोनों शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की अनुशंसा की गई है साथ ही उसके परिजनों को अन्य सभी तरह की सहायता भी दी जाएगी भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज कर दिया है कि मोबाइल फोन सेवा का नम्बर ग्यारह अंको का करने की सिफारिश की गई है ट्राई ने कहा है कि ये खबरें पूरी तरह से गलत हैं और मोबाइल फोन नम्बर और बेसिक फोन नम्बर की उपलब्धता के संबंध में उसकी सिफारिशों को गलत ढंग से पेश किया गया है द्राई ने कहा है कि मोबाइल फोन सेवा के लिए दस अंकों की नम्बर प्रणाली जारी रहेगी

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये कम दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए दो लाख करोड रूपये का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को दो हजार रूपये प्रतिमाह दिये जा रहे हैं देश में शीत भण्डारों का ढांचा मजबूत करने के लिए एक लाख करोड रूपये की एक योजना शुरू की गई है